अदालत ने किसान संगठनों और सरकार के बीच बने गतिरोध को हल करने तथा बातचीत का रास्ता निकालने के लिए विशेषज्ञों की एक समिति का भी किया है म्ख्य न्यायाधीश एस ए बोबड़े की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि जो लोग इस गतिरोध को दूर करने के लिए वास्तव में इच्छ्क हैं वे समिति के समक्ष अवश्य उपस्थित होंगे उच्चतम न्यायालय की यह पीठ संसद द्वारा पारित तीन नए कृषि कानूनों की संवैधानिक वैधता को च्नौती देने वाली याचिकाओं की स्नवाई कर रही थी पीठ ने कहा कि हम इन कानूनों की वैधता के बारे में चिंतित हैं तथा प्रदर्शनों के कारण नागरिकों के जीवन और सम्पत्ति की स्रक्षा के लिए भी गंभीर हैं म्ख्य न्यायाधीश ने कहा कि गठित की गई समिति कोई आदेश पारित नहीं करेगी और न ही किसी को दंड देगी बल्कि वह अपनी रिपोर्ट उच्चतम न्यायालय को प्रस्त्त करेगी उन्होंने कहा कि इस मामले में समिति न्यायिक प्रक्रिया का एक हिस्सा है

इस आउटलेट में राज्य में फार्म प्रोड्सर ऑर्गेनाइजेशन द्वारा अलग अलग स्थानों पर ऑर्गेनिक तरीके से उगाए गए उत्पादों जैसे फल सब्जियाँ ड्राईफूड चाय की पत्ती और अन्य प्रसंस्कृत खाद्य सामग्री उपलब्ध कराई जा रही है वोकल फोर लोकल के महत्व को रेखांकित करते हुए मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने कहा कि राज्य में ऑर्गेनिक उत्पादों की बहत संभावनाएं है लेकिन इन्हें बाजार में उपलब्ध कराने और उत्पादों को लोकप्रिय बनाने के लिए क्छ और कदम उठाए जाने की आवश्यकता है उन्होंने कहा कि सरकार ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा देने के लिए अनेक कदम उठा रही है और यहा के उत्पादों की प्रभावी मार्केटिंग व्यवस्था बनाने के लिए प्रयास कर रही है समारोह को संबोधित करते हुए राज्य के कृषि मंत्री तागे ताकी ने कहा कि दूर दराज के किसानों को एक प्लेटफार्म से जोड़ने और उनके उत्पादों को बाजार में उपलब्ध कराने के लिए अब कई कदम उठाए जा रहे है राज्य के म्ख्य सचिव नरेश क्मार ने ऑर्गेनिक उत्पादों के बढ़ते हुए बाजार का जिक्र करते हए कहा कि अरुणाचल के पास प्राकृतिक तौर पर ऑर्गेनिक खेती की सारी विशेषताएं मौजूद है इस दौरान एक सवाल के जवाब में म्ख्यमंत्री पेमा खांड्र ने बताया कि राज्य विधानसभा का अगला सत्र पच्चीस फरवरी से आयोजित किया जा रहा है

राजधानी ईटानगर में आयोजित राष्ट्रीय य्वा दिवस कार्यक्रम में विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान के लिए पंद्रह व्यक्तियों को सम्मानित किया गया इस अवसर पर मुख्यमंत्री पेमा खांड्र राज्य के खेल और य्वा मामला मंत्री मामा नात्ंग सहित कई गणमान्य व्यक्ति मौजूद थे अपने संबोधन में म्ख्यमंत्री पेमा खांडू ने कहा कि राज्य सरकार य्वाओं के लिए ग्णवत्तापूर्ण शिक्षा कौशल विकास और उनके लिए रोजगार के अवसर पैदा करने की दिशा में अनेक कदम उठा रई है उन्होंने कहा कि पिछले क्छ वर्षो में खेल क्षेत्र में भी य्वाओं को प्रोत्साहित करने के लिए बुनियादी स्विधा विकास और प्रशिक्षण पर जोर दिया गया है इस अवसर पर राज्य के य्वा मामला मंत्री मामा नात्ंग ने य्वाओं से अपनी ऊर्जा सकारात्मक कार्यों में लगाने की अपील करते हए उनसे देश का विकास में महत्वपूर्ण योगदान करने का आह्वान किया

यह नॉन प्राफिट ऑर्गेनाइजेशन और विद्यालय लोगों से प्लास्टिक कचरा स्वीकार करता है और छात्रों को शिक्षा के साथ कौशल विकास प्रशिक्षण भी प्रदान करता है इस अक्षर मॉडल शिक्षण संस्थान में विद्यार्थियों की उम्र के अन्सार उनके कौशल विकास के लिए पाठ्यक्रम निर्धारित है और संयुक्त राष्ट्र संघ ने इस संस्थान की सराहना की है विधानसभा अध्यक्ष पी डी सोना ने संस्थान के सदस्यों के साथ गरीबी उन्मुलन और कमजोर वर्ग के छात्रों को ग्णवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने पर चर्चा की

जिला प्रशासन के अन्सार उन्हें चिकित्सा के लिए नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है मृतक य्वक की पहचान धेमाजी जिले के जोनाई के बिट्ट माझी के रुप में की गई है

राज्य में कोविड के सक्रिय मामलों की संख्या घटकर तिरसठ रह गई है और रिकवरी दर बढ़कर निन्यानबे दशमलव दो नौ प्रतिशत हो गई है